ने मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में लॉकडाउन समाप्त करने पर सरकार परिस्थितियों का आंकलन कर समाप्त या जारी रखने का लेगी निर्णय चिकित्सकों के साथ बैठक में सीमित संसाधनों से बेहतर परिणाम देने पर दिया जोर

ये सभी इस इलाके से मिली दूसरी पॉजिटिव महिला के परिवार के हैं

श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े फैसले करने को विवश हो गया है और निगरानी जारी रखनी होगी संसद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्यों की सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि इन बदलती परिस्थितियों में देश को अपनी कार्य संस्कृति और काम करने की शैली में बदलाव की कोशिश करनी चाहिये

उन्होंने महामारी से लड़ाई में केन्द्र के साथ मिलकर काम करने के राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इस लड़ाई का सामना करने की समाज के सभी वर्गो की एकजुटता के जरिये रचनात्मक और सकारात्मक राजनीतिक व्यवस्था का साक्षी बना है श्री मोदी ने सामाजिक दूरी बनाये रखने जनता कर्फय या लॉकडाउन का पालन करने जैसे प्रयासों में प्रत्येक नागरिक के योगदान के साथ अनुशासन समर्पण और प्रतिबद्धता की भावना की प्रशंसा की

श्री मोदी पहले भी दो बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की अपील की है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने में यह ऐप एक महत्वपूर्ण कदम है यह ऐप महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है और जितने अधिक लोग इसका उपयोग करेंगे यह उतना ही प्रभावशाली होता जाएगा

इसका उपयोग कर लोग संक्रमित होने की आशंका का आकलन कर सकेंगे यह ऐप दसरे लोगों के साथ सम्पर्क के आधार पर संक्रमण के जोखिम का आकलन करता है केन्द्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जागरूक और सजग है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन समाप्त करने पर सरकार परिस्थितियों का आंकलन कर समाप्त या जारी रखने का निर्णय लेगी मुख्यमंत्री झारखण्ड मंत्रालय में कल राज्य के ख्याति प्राप्त चिकित्सकों और निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि झारखण्ड में लॉकडाउन चूनौती है जिसका सभी सामना कर रहें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन पूर्णतः हो रहा है लेकिन शहरी क्षेत्र में लोग पूरी तरह से पालन नहीं कर रहें हैं

ऐसी स्थिति में लॉकडाउन के बाद जब फंसे हुए लोग आएंगे तो एक अलग चुनौती का सामना करना होगा फंसे हुए लोगों को वहां की राज्य सरकार भरसक मदद करने का प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री ने राज्य के चिकित्सकों और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए विचार विमर्श किया जिसमें चिकित्सकों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया साथ ही कहा कि सोशल डिस्टेन्स ही वायरस से बचाव का माध्यम है मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से कहा कि सरकार ने संक्रमण के इस दौर में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत कर लिया है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं और संसाधनों में कुछ पीछे हैं लेकिन हमें मिलकर तय करना है कि कैसे सीमित संसाधनों से बेहतर परिणाम दें बैठक में चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य से संबंधित दवाओं के बढ़े दाम की जानकारी दी और इस पर ध्यान देने का आग्रह किया श्री सोरेन ने चिकित्सकों को आश्वस्त किया कि इसके लिए टीम बनाकर हो रही कालाबाजारी को रोका जाएगा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य के चिकित्सकों का ग्रुप बनाकर विचारों को साझा करेंगे स्वास्थ्य संसाधनों को उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य होगा

पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने कहा कि इस घटना में शामिल शेष अभियुक्तों को चिन्हित कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी तरह की अफवाह पर विश्वास ना करें और किसी तरह की संदिग्ध सूचना मिलने पर तुरंत सौ नंबर पर पुलिस को सूचित करें पलामू जिले में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पुलिस प्रषासन द्वारा गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रयोगशालाओं में कोरोना मरीजों के नमूनों की जांच मुफ्त होनी चाहिए न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस संबंध में तुरंत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में महामारी को रोकने में गैर सरकारी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एस रविंद्र भाट की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना है वायरस की जांच राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित एजेंसियों में की जानी चाहिए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोरोना वायरस का इलाज कर रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें क्योंकि इस महामारी से निपटने में उनकी भूमिका अग्रणी हैं न्यायालय की पीठ ने चिकित्सा कर्मियों पर पिछले दिनों हुए हमले पर चिंता व्यक्त की न्यायालय ने कहा कि सभी राज्य अस्पतालों और रोगियों वाले अन्य स्थलों पर चिकित्सा कर्मियों को जरूरी पुलिस सुरक्षा मुहैया कराना सुनिश्चित करें

इस क्रम में उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई किट का सहारा होता है

यह वातावरण में आसानी से डिस्पोज भी हो जाता है इसकी आवश्यकता को देखते हुए उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है

सरकार द्वारा मास्क बनाने के लिए सखी मंडल की सहायता ली जा रही है